प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सरकार प्रकृति और आर्थिक विकास में संतुलन बनाते हुए मजबूत और नये भारत की ओर बढ़ रही है आज मथुरा में अनेक कार्यक्रमों की शुरूआत करते हुए श्री मोदी ने कहा बाइट पर्यावरण और पशुधन हमेशा से भारत के आर्थिक चिंतन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है यही कारण है कि चाहे स्वच्छ भारत हो जल जीवन मिशन हो या फिर कृषि और पशुपालन को प्रोत्साहन प्रकृति और आर्थिक विकास में संतुलन रहकर ही हम सशक्त और नये भारत के निर्माण की तरफ आगे बढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि पशुपालन और इससे संबंधित व्यापार की किसानों की आमदनी बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका है उन्होंने कहा कि पशुपालन मत्स्य और मधुमक्खी पालन में किए गए निवेश से किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी होती है प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले पांच साल में सरकार ने खेती से जुड़े अन्य विकल्पों पर नया दृष्टिकोण अपनाया है उन्होंने कहा कि भारत में डेयरी क्षेत्र का विस्तार करने के लिए नवाचार और नई तकनीकों की जरूरत है प्रधानमंत्री ने सबसे आग्रह किया कि वे इस वर्ष दो अक्टूबर से अपने घरों कार्यालयों और काम करने के स्थानों को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करें उन्होंने गांवों में काम कर रहे स्वसहायता समूह नागरिक समाज सामाजिक संगठन युवा संगठन महिलाओं के समूह क्लब स्कूल और कॉलेजों तथा सरकारी और निजी संस्थानों से इस अभियान में हिस्सा लेने का आग्रह किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज मथुरा में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम की शुरूआत की इसका उद्देश्य पशुओं में खुरपका मुंहपका और ब्रूसेलोसिस रोगों का उन्मूलन करना है कार्यक्रम के तहत पचास करोड़ से ज्यादा पशुओं को टीके लगाए जाएंगे बाइट जिन पशुओं का टीकाकरण हो जायेगा उनको पशु आधार यानी यूनीक आईडी देकर कानों में टैग लगाया जायेगा पशुओं को बकायदा स्वास्थ्य कार्ड भी जारी किया जायेगा हमारा पशुधन स्वस्थ रहे पोषित रहे और पशुओं की नई और उत्तम नस्लों का विकास हो इसी रास्ते पर चलते हुए हमारे पशुपालकों की आय भी बढ़ेगी

इस अवसर पर राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम और बाबूगढ़ वीर्य केन्द्र की भी शुरूआत की गई मथुरा यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम की शुरूआत की इससे पहले प्रधानमंत्री पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु आरोग्य मेला देखने गए प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद विश्व के लिए खतरा बन गया है और इसकी गहरी जड़ें हमारे पड़ोस में हैं उन्होंने कहा कि भारत किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम है श्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है और यह एक विचारधारा बन गया है यह किसी भी राष्ट्र की सीमा में बंधा हुआ नहीं है

यह वही दिन था जब एक शताब्दी पहले स्वामी विवेकानंद ने विश्व शांति का संदेश दिया था प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वच्छता एवं स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति गंभीरता के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज मथुरा में आयोजित कार्यकम के दौरान प्रशंसा की उन्होंने कहा कि श्री योगी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार स्वच्छता और स्वास्थ्य को लेकर गंभीर है श्री मोदी ने राज्य में प्रदेश सरकार द्वारा मस्तिष्क ज्वर बीमारी के विरूद्व उठाये गये कदमों की सराहना की इस अवसर पर बोलते हुए श्री योगी ने कहा कि पिछले वर्षो में मस्तिष्क ज्वर से होने वाली मौतों में काफी कमी आयी है उन्होंने कहा कि स्वच्छता और जागरूकता के चलते बीमारी की रोकथाम काफी प्रभावी हुई है

दिल्ली उच्च न्यायालय ने विगत शुक्रवार को एम्स में दुष्कर्म पीडिता का बयान दर्ज करने को मंजूरी दी थी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

कल अब्धाबी में आठवीं मंत्रिस्तरीय ऊर्जा बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री धर्मेंद्र प्रधान ने ऊर्जा सुरक्षा और सब के लिए ऊर्जा सुनिश्चित करने के लिए द्विपक्षीय क्षेत्रीय और बहुपक्षीय संबंध मजबूत करने पर जोर दिया पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही वर्षा के चलते प्रदेश में कई नदियों का जलस्तर उफान पर है

सरयू नदी अयोध्या और बाराबंकी के एल्गिन ब्रिज पर लाल निशान को पार कर गयी है बढ़ते जलस्तर के चलते जिला प्रशासन ने आस पास के क्षेत्रों में लोगों को सचेत कर दिया है साथ ही अयोध्या में जिलाधिकारी ने सरयू नदी के प्रभावित गांवों में ग्राम आपदा प्रबन्ध समितियों को सकिय करने के निर्देश दिये है सिंचाई विभाग को लगातार तटबंधों की पेट्रोलिंग के आदेश दिये गये हैं पीलीभीत में शारदा नदी उफान पर है और तेजी से कटान कर रही है जिला प्रशासन द्वारा राहत और बचाव कार्य कराये जा रहे हैं प्रभावित क्षेत्रों में दैनिक उपयोग की वस्त्रओं का वितरण कराया जा रहा है केन्द्र सरकार द्वारा चलाय जा रहे स्वच्छता ही सेवा है अभियान के अर्न्तगत उत्तर रेलवे द्वारा स्टेशन परिसरों रेलगाड़ियों और आस पास के क्षेत्रों की साफ सफाई के लिये विशेष अभियान चलाया जा रहा है

इसके अलावा कुछ स्टेशनों पर जैसे लखनऊ और वाराणसी जहां पर गाड़ियों का भी मेंटीनेंस होता है गाड़ियों की भी साफ सफाई और देखभाल किया जाता है

स्वच्छता से और सभी स्टेशनों को इसमें कवर करने का हमारा प्लान है इसमें रेलवे कालोनीज उनके आस पास के क्षेत्रों इसकी सफाई की जायेगी